ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दिन के बारह बजे तक दी गयी छूट विवाह समारोह में अधिकतम बीस लोग हो सकेंगे शामिल

राज्य में कोविड संक्रमण की दर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू पूर्ण लॉकडाउन को पच्चीस मई तक बढ़ाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है उन्होंने कहा कि पिछले पांच मई से लागू लॉकडाउन की समीक्षा के बाद इस अवधि को बढ़ाया गया है सोलह मई से पच्चीस मई तक प्रर्ण लॉकडाउन के दौरान कुछ नये प्रतिबंध भी लगाये गये हैं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नये दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं लॉकडाउन के दौरान आवश्यक द्वकानों के खूलने के समय में बदलाव किया गया है शहरी क्षेत्र में अब सुबह छह बजे से दस बजे तक किराना फल सब्जी दूध मांस मछली की दुकानें खुलेंगी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में द्कान खुलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक निर्धारित किया गय है निर्माण सामग्री हार्डवेयर बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक खुली रहेंगी लीची और आम सहित अन्य फलों की पैंकिंग के लिये लकड़ी की पेटियों से संबंधित द्रकान और आरा मिलों को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी परिस्थिति को देखते हुए खोलने की अनुमति दे सकेंगे शादी समारोह में पचास के स्थान पर अब अधिकतम बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे लॉकडाउन के दौरान अन्य दिशा निर्देश और प्रावधान पूर्व की तरह लागू रहेंगे सरकार ने प्रशासन द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों कोविड देखभाल केन्द्रों और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पर मरीजों की देखरेख में लगे उनके संबंधी या परिजन के लिये सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं निजी अस्पतालों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस तरह की व्यवस्था करने की छूट दी गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सात हजार सात सौ बावन नये मामलों की पुष्टि हुई है पटना जिले से सबसे अधिक एक हजार चार सौ पचासी कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है नालंदा जिले में भी पांच सौ से अधिक नये मामले सामने आये हैं राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण संक्रमण की दर को रोकने में मदद मिली है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तीस अप्रैल को जांच के दौरान हर सौ में से सोलह कोविड संक्रमित मिल रहे थे जो घटकर नौ के आसपास आ गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो खूराकों के बीच अंतर छह से आठ सप्ताह से बढ़ाकर बारह से सोलह सप्ताह कर दिया गया है मंत्रालय ने कहा है कि कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की है मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है भारत बायोटेक को दो वर्ष से अठारह वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के द्रसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी गयी है केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है भारत के औषधि महानियंत्रक ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ वालंटियर्स पर किए जाएंगे प्रदेश में अब तक पचासी लाख तेईस हजार तीन सौ अट्ठाईस लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सतहत्तर हजार आठ सौ इक्यानवे लोगों का टीकाकरण किया गया इसमें बासठ हजार सात सौ सोलह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि पन्द्रह हजार एक सौ पचहत्तर लोगों को दूसरी डोज दी गयी इसी अवधि में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के पैंतालीस हजार छह सौ चौबीस लाभुकों को टीके लगाये गये इधर देश में अब तक सत्रह करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि राज्य में भी क्छ कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस के मामले सामने आये हैं उन्होंने कहा कि समय पूर्व रोगियों में इसका पता लगाने और इलाज के लिये चिकित्सक नजर रखे हुए हैं

उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने में केन्द्र की ओर से हरसंभव सहायता मिल रही है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने कहा है कि कोविड से ग्रस्त मध्मेह रोगियों में म्यूकोर माइकोसिस बीमारी का खतरा ज्यादा है

उन्होंने समस्तीपुर में संवाददाताओं से कहा कि जरूरतमंद लोगों को स्थानीय पंचायत से संपर्क करना चाहिए

उन्होंने कहा कि जिले में बीस हजार कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंगा नदी के किनारे शवों के पाये जाने के मामले में केन्द्र सहित बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है आयोग ने चार सप्ताह के भीतर इन सरकारों को कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं बक्सर में गंगा नदी के किनारे शवों के मिलने के सिलसिले को रोकने के लिये चौसा से बक्सर तक दंडाधिकारी समेत पुलिस बलों की तैनाती की गयी है अनुमंडल पदाधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि पुलिस बल मोटरबोट से गंगा की निगरानी कर रहा है श्री उपाध्याय ने बताया कि बीती रात महाजाल में फंसे करीब दस शवों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया अनुमंडल पदाधिकारी ने सामाजिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों से गंगा में शवों के प्रवाह को रोकने के लिये आगे आने की अपील की है पटना उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हड़ताल खत्म कर दी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संविदा कर्मियों की मांगों को जायज बताया है वहीं राज्य सरकार ने इन मांगों पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया है मामले की अगली सुनवाई तेईस जून को होगी सांसद राकेश सिन्हा ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से बेगूसराय में मेडिकल ऑक्सीजन की सुविधा वाले पांच पांच सौ बेड का अस्पताल बनवाने का आग्रह किया है श्री सिन्हा ने भारतीय तेल निगम और एनटीपीसी के द्वारा इस संबंध में दोनों मंत्रियों को पत्र लिखकर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का अनुरोध किया है अपहरण के मामले में सुपौल जिले के वीरपुर जेल में बंद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है जिलाधिकारी महेंन्द्र क्मार ने बताया कि श्री यादव की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखते हुए उन्हें अस्पताल भेजा गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में आठवीं किस्त जारी करेंगे इसके अंतर्गत उन्नीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि नौ करोड़ पचास लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे बिहार में इस योजना के तहत अब तक इक्यासी लाख तैंतीस हजार किसानों को आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गयी है इसके तहत सात हजार पांच सौ इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक की राशि किसानों के खाते में अंतरित की जायेगी ईद उल फितर का त्योहार कल मनाया जायेगा कोविड महामारी के प्रसार को देखते हुये धर्म गुरूओं ने मुसलमान भाईयों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुये अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करें इमारते शरिया सहित अन्य धार्मिक संगठनों ने लोगों से बड़े पैमाने पर ईद मिलन समारोह के आयोजन नहीं करने की अपील की है लोगों से एक दूसरे से गले मिलकर और हाथ मिलाकर बधाई देने से बचने का अनुरोध किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और घर में ही इबादत करने का अनुरोध किया है संघ लोक सेवा आयोग ने सत्ताईस जून को आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दो हजार इक्कीस को स्थगित कर दिया है कोविड उन्नीस संक्रमण की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग ने यह फैसला लिया है अब यह परीक्षा दस अक्टूबर को आयोजित की जायेगी प्रदेश में आज कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास जिले के दिनारा में भारी वर्षा रिकार्ड की गयी है यहां दस सेंटीमीटर बारिश हुई है वहीं भोजपुर बांका जमुई कटिहार मधुबनी और किशनगंज में कई स्थानों पर चार सेंटीमीटर से छह सेंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है जिससे अगले चौबीस घंटों के दौरान वर्षा में कमी आने की संभावना है

पार्टी के विधायक महानंद सिंह सुदामा प्रसाद संदीप सौरभ गोपाल रविदास रामबली सिंह यादव और अजीत कुशवाहा ने संबंधित जिला प्रशासन को इन उपकरणों की खरीद करने को कहा है ताकि अस्पतालों में लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था हो सके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना और बेगूसराय को जोड़ने वाले राजेन्द्र सेतु की मरम्मति के लिये अस्सी करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन पच्चीस मई तक बढ़ाया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दिन के बारह बजे तक दी गयी छूट विवाह समारोह में अधिकतम बीस लोग हो सकेंगे शामिल

राज्य में कोविड संक्रमण की दर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी